विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव सभाएं और रैलियां कर रहे हैं

न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह मतदान कर सकते हैं न्यायालय ने कहा कि मतदान का समय बढ़ाने से निर्वाचन आयोग को कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं

जयपुर में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देश का मॉडल स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि थानों में फरिवादियों को पूरा सम्मान मिले इसके लिए भी ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा और जो गड़बड़ी करेंगे उन्हें सजा भी दी जाएगी एक प्रश्न के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का उनकी सरकार को समर्थन प्राप्त है और वो आगे भी जारी रहेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी है सरकार अपने स्तर पर कई प्रकार के प्रयास कर रही है लेकिन आम जनता को भी पानी की बचत कर अपना योगदान देना चाहिए

इस मामले में भाजपा ने संभाग स्तर पर प्रदर्शन किए और संभागीय आयुक्तों को इस मामले में ज्ञापन दिए अजमेर में संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कालीचरण सराफ ने कांग्रेस सरकार शासन में कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की श्री सराफ ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि थानागाजी दुष्कर्म घटना पर कांग्रेस शासन ने पर्दा डालने का काम किया उन्होंने कहा कि आज राज्यपाल के नाम का ज्ञापन दिया जा रहा है यदि कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो फिर नयी दिल्ली जाकर राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी इस मामले को लेकर आज शाम पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग से मिलने पहुंचे इससे पहले मीडिया से बातचीत में श्री मेवाणी ने कहा कि इस मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए तथा दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए

पुलिस अब आरोपियों से माल बरामद करने वारदात में प्रयुक्त वाहन और हथियार बरामद करने का प्रयास कर रही है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से इस वारदात के मुख्य अभियुक्त गजेन्द्र कमार उर्फ मोनू सह अभियुक्त अंकित राहुल तथा अभय को महाराष्ट्र के सतारा से गिरफ़तार किया गया

शहर के कोतवाली थाने पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव समेत पुलिस अधिकारियों ने ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की संस्कृति युवा संस्थान ने आज जयपुर एकता तथा संकल्प दिवस मनाया गया अब से कुछ देर बाद संस्था की ओर से सांगानेरी गेट पर प्रार्थना सभा तथा महाआरती का आयोजन किया जाएगा कई अन्य संगठनों ने भी आज श्रद्धांजलि सभाएं तथा रक्तदान शिविर आयोजित किए

स्कूली शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू जैसी विभूतियों की भूमिका को कमतर कर आएसएस विचारक वीर सावरकर तथा दीनदयाल उपाध्याय का महिमामंडन किया था डोटासरा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पाठ्यकम समीक्षा समिति बनाई गयी थी इसने लिखा है कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी थी इस तथ्य को उनकी जीवनी में जोड़ा गया है पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार के कदम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप के बाद अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार महान राष्ट्रभक्त वीर सावरकर का अपमान कर रही है उन्होंने कहा कि एक परिवार विशेष को पूजने वाली पार्टी का अन्य महापुरूषों के बारे में सदैव ऐसा ही आचरण रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुददे पर कहा कि पाढ़यकमों की समीक्षा का काम समिति द्वारा किया जाता है और सभी राज्यों में ऐसा होता है

आईआईटी जोधप्र के निदेशक प्रोफेसर शांतन् चौधरी ने बताया कि इस संबंध में अमेरिका की एक कम्पनी के साथ समझौता किया गया है

आज नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयती समारोह में उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल गरीबी उन्मूलन शहरी ग्रामीण भेदभाव को कम करने और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए नये और व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है

संस्थान की ओर ै से पिछले दो दिनों में भोजन के डेढ हजार पैकिट मुहैया कराए गए हैं

गंभीर रूप से घायल दो लोगों को नागौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है

जयपुर टोंक च्रूरू और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली हमारे च्रूरू संवाददाता ने बताया कि दोपहर तक तेज गर्मी के बाद अचानक मौसम बदला और बारिश से मौसम खशनुमा हो गया

झालावाड़ जिले में भीषण गर्मी और लू का दौर आज भी जारी रहा